प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने संस्कृत को और लोकप्रिय बनाने का प्रयास करने का आग्रह किया

आज देश सहित हरियाणा में बहन भाई के प्रेम का प्रतीक रक्षाबंधन हर्षोल्लास से मनाया गया आज देशभर में संस्कृत दिवस हर्षोल्लास से मनाया गया इस अवसर पर आज सुबह आकाशवाणी द्वारा पहली बार संस्कृत में बहुजन भाषा संस्कृत भाषा नाम विशेष कार्यक्रम प्रसारित किया गया प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इस मौके पर संस्कृत भाषा के शिक्षकों इसको बढ़ावा देने वालों व इस भाषा का उचित प्रयोग करने वालों का आभार व्यक्त किया अपने एक संदेश में श्री मोदी ने संस्कृत को एक दिव्य भाषा बताया जिसने सदियों से भारत को ज्ञान का एक विशाल केन्द्र बनाया हुआ है उन्होंने आग्रह किया कि संस्कृत को और लोकप्रिय बनाने का प्रयास किया जाये शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने संस्कृत भाषा में दिये अपने विशेष संदेश में संस्कृत का बताया इसके अलावा केन्द्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर व रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी इस मौके पर अपनी शुभकामनायें दी

पंचकूला के सैक्टर एक स्थित राजकीय स्नातकोतर महाविद्यालय में आयोजित इस समारोह में आयोजित इस समारोह में विधानसभा अध्यक्ष ज्ञान चंद गुप्ता शिक्षा मंत्री कंवर पाल गुर्जर व केन्द्रीय मंत्री रतन लाल कटारिया भी मौजूद रहे जिन गांवों में ये महाविद्यालय खोले गये है उनमें भैंसवाल कलां बरौदा मोरनी ईशरवाल अग्रोहा गोरीवाला फिरोजपुर झिरका आदि शामिल है

उन्होंने कहा कि सबका साथ सबका विकास की राह पर चलते हुये आज पंचकूला से नूंह और जगाधरी से डबवाली तक हर विधानसभा क्षेत्र में कोई महाविद्यालय दिया गया है उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने अपने कार्यकाल में बरौदा विधानसभा हल्के मे एक भी महाविद्यालय नहीं खोला इसलिए हल्के में दो महाविद्यालय दिये गये है

मुख्यमंत्री ने आज म्हारा हरियाणा हरा भरा हरियाणा का आगाज भी किया उन्होंने कहा कि वृक्षों को भी रक्षा सूत्र में बांधने की जरूरत है उन्होंने वृक्षों को रक्षा सूत्र बांधते हुये उनकी परवरिश का संकल्प भी मुख्यमंत्री ने इस मौके पर उच्चतर शिक्षा विभाग द्वारा तैयार की गई वृक्ष बंधन दिलाया दस्तावेजी फिल्म का अवलोकन भी किया और इस सम्बधी एक एप्प भी शुरू किया इस एप्प पर कोई भी विद्यार्थी पौधारोपण व उनकी सुरक्षा करते हुये फोटो अपलोड कर सकता है इस मौके पर मुख्यमंत्री को स्वामी विवेकानंद की पुस्तक आई एम इंडिया भी भेंट की गई भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रदेश में शुरू की गई म्हारा हरियाणा हरा भरा हरियाणा मुहिम के अंतर्गत आज प्रदेश के कई जिलों में पौधारोपण अभियान का शुभारंभ किया गया

उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश में कुल पांच लाख पौधे लगाये जायेंगे इस मौके पर कोसली के विधायक लक्ष्मण सिह यादवन भाजपा प्रदेश प्रभारी आजी कलवारी भी उपस्थित रहे अम्बा में मुहिम की शुरूआत गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज प्रदेशाध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ व केन्द्रीय राज्य मंत्री रतन लाल कटारिया ने कार्यकताऔ के साथ पौधे लगाकर की

उन्होंने बताया कि मुहिम शुरू करने करने का उद्देश्य े प्रदेश के कम होत वन क्षेत्र का वृक्षों की गिनती में वृक्षि करना है उन्होंने बताया कि प्रदेश में चार प्रतिशत क्षेत्र भी वन के अधीन नहीं है

मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ सुरेन्द्र नयन ने बताया कि ये इन संक्रमण से जिले मे होने वाली छठी मौत है

श्री भटनागर पहले आकाशवाणी में पश्चिमी ऐशिया संवाददाता सहित प्रसार भारती में कई महत्वपूर्ण पदों पर रह चुके है वे पत्र सूचना कार्यालय यानि पीआईबी में भी कार्य कर चुके है

आज देशभर सहित हरियाणा में बहन भाई के प्यार का प्रतीक रक्षाबंधन हर्षोल्लास व श्रद्वा से मनाया गया यमुनानगरा से हमारे संवाददाता ने बताया कि कोविड महामारी के चलते आज पहले जैसी चहल पहल नहीं रही बहनों ने भाईयों को राखी बांधी श्रद्वालु महिलाओं ने मंदिर जाकर भगवान कृष्ण को भी राखी भेंट की

हमारी संवाददाता ने बताया कि भाजपा जिला महिला जिलाध्यक्ष निताशा राकेश सिहाग अपनी महिला साथियों के साथ एलनाबाद के पुलिस थाने व नगर पलिका जाकर पुलिस कर्मियों व सफाई कर्मियों को राखी बांधी वहीं फतेहाबाद में विधायक देवेन्द्र सिंह बबली ने कोरोना काल में योद्वा की तरह काम करने वाले महिला डॉक्टरों व स्टाफ से राखी बंधवाई

वहं गांव भांवड़ का रहने वाला है बरामद नशे की कीमत एक करोड़ बताई गई है आरोपी के खिलाफ अभियोग दर्ज कर लिया गया है हरियाणा के कृषि मंत्री जय प्रकाश दलाल ने कहा है कि टिडिडयों सं फसल को होने वाले नुकसान का किसानों को नियमानुसार मुआवजा दिया जायेगा कृषि मंत्री आज लोगों की समस्यायें सुनने के मौके पर बोल रहे थे

फतेहाबाद के गांव जांडली के पास देर रात एक कार के अनियत्रित होने से हये हादसे में गंभीर रूप से घायल हये व्यक्ति की मौत हो गई जबकि कार में सवार दो अन्य लोग फतेहाबाद के अस्पताल में उपचाराधीन है हमारे संवाददाता ने बताया कि हादसे के तुरंत बाद घायलों में से एक की हालत गंभीर हाने के कारण अग्रोहा मेडिकल भेजा गया वहां से उसे हिसार के जिंदल अस्पताल रैफर कर दिया गया

हरियाणा के मुख्यमंत्री पांच अगस्त को गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले किशाोरियों व महिलाओं के लिए महिला एंव किशोरी सम्मान योजना का शुभारंभ करेंगे